इस दुर्घटना में लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रिकी मंत्री वांकी लोवांग ने पिड़ितों को तत्काल राहत के तौर पर वित्तीय सहायता प्रदान किया मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी प्रति पिड़ितों को पचास हजार रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है ईस्ट सियांग जिले के नापीत गांव में चल रही पावर ग्रीड सब स्टेशन का रविवार को पासीघाट ईस्ट के विधायक कालिंग मोयोंग ने निरीक्षण किया इस दौरान श्री मोयोंग ने पासीघाट और इसके आसपास के क्षेत्रों में अबाधित बिजली आपूर्ति के लिए निर्माण एजेंसी से पावर स्टेशन के कार्य को जल्द संपन्न करने को कहा कार्य के संपन्न होने के बाद इसे राज्य सरकार संभालेगी नव गठित पाक्के केसांग जिले के सिजोसा में आगामी अटठारह से बीस जनवरी तक वन्यजीव संरक्षण पर आधारित पाक्के पागा उत्सव के चौथे संस्करण आयोजित किया जाएगा इस वर्ष का विषय है सेलिब्रेटिंग नेचर तीन दिन तक चलने वाले इस उत्सव में पर्यटको के लिए जीप सफारी ट्रैकिंग बटरफ्लाई वाक वन्यजीव फोटोग्राफी एलिफेन्ट सफारी बर्ड वाचिंग प्रदर्शनी ऑरगेनिक डाई और परंपरागत खेल आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम को वन विभाग और घोरा आभे सोसायटी सिजोसा स्थित वन विकास ग्राम परिषद और स्थानीय समुदाय मिलकर आयोजित करेगा

इस अवसर पर श्री सिमाई ने कहा कि हेटमेन सासूम रांगहील और अन्य गावों का रेनूक अंचल मुख्यालय से जुड़ने के लिए पुल का निर्माण बहुत जरुरी था उन्होंने कहा कि इस बात को समझते हुए पुल का निर्माण कराना उनकी प्राथमिकता थी केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि पिछले अटठाईस महीनों के दौरान एक सौ बाईस करोड़ से ज्यादा आधार नंबर जारी किए गए हैं इसके साथ ही देश की अटठारह वर्ष से आयु की निन्यानवे प्रतिशत जनसंख्या इसके दायरे में आ गई है एक फेसब्रक पोस्ट में श्री जेटली ने कहा कि पिछले वर्ष मार्च तक आधार के इस्तेमाल से नब्बे हजार करोड़ रुपये की बचत हुई और कई फर्जी लाभार्थियों का नाम हटा दिया गया केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने इन खबरों का खंडन किया है कि सरकार आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मीडिया पर नजर रखने के लिए निजी एजेंसियों की सेवाएं लेने के बारे में विचार कर रही है एक समाचार पोर्टल ने हाल ही में एक खबर प्रकाशित की थी जिसमें कहा गया था कि पत्र सूचना कार्यालय ने पिछले महीने एक टेंडर जारी किया है जिसमें प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर खबरों के संग्रह विश्लेषण और फीडबैक के लिए निजी एजेंसियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं अपने टवीटर हैंडल पर एक वीडियों पोस्ट के जरिए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समाचारों के संग्रह के लिए पहले भी इसी प्रकार के अनुबंध जारी किए गए थे भारत ने ए एफ सी एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट में पच्चपन साल बाद पहली जीत दर्ज की कल आब्रधाबी में भारतीय टीम ने पहले मैच में थाईलैंड को चार एक से हराया कप्तान सुनील छेत्री ने दो गोल किए

इसके तहत किसी भी व्यक्ति को वेबसाइट पर आपत्तिजनक सामग्री साझा करने पर गिरफ्तार किया जा सकता है न्यायमूर्ति आर एफ नरिमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि आई टी कानून की धारा को समाप्त करने के शीर्ष न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित अधिकारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जायेगा शीर्ष अदालत ने इस धारा को चौबीस मार्च दो हजार पंद्रह में समाप्त कर दिया था भारत ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार क्रिकेट टैस्ट श्रृंखला जीतकर इतिहास रचा है भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर बहत्तर साल और ग्यारह श्रंखला के बाद टैस्ट श्रंखला अपने नाम की है आज सिडनी में चौथा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रा रहा

श्रृंखला में पांच सौ इक्कीस रन बनाने वाले चेतेश्वर पुजारा को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया सीरीज में जसप्रीत ब्रमराह ने सबसे अधिक इक्कीस और मोहम्मद शमी ने सोलह विकेट लिए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 आज का अधिकतम तापमान अटठाईस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान आठ दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया